और झारखण्ड बिहार जोन के अड़सठ कृषि विज्ञान केंद्रों में गुमला केवीके को मिला पहला स्थान

इसी के साथ कुल संकमितों की संख्या पांच हजार एक सौ सड़सठ पहुंच गयी है आज मिले नये मरीजों में रांची के तीस कोडरमा के आठ चतरा के सात रामगढ़ के छह लोहरदगा के तीन पलामू के दो और जामताड़ा के एक संक्रमित शामिल है कोडरमा जिले में आज आठ नये संक्रमितों की पृष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि समी संकमित जिले के चंदवारा प्रखंड के हैं इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या तीन सौ सैंतालीस पहुंच गयी है इधर लोहरदगा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि आज मिले तीन नये संक्रमितों में दो पुरूष और एक महिला शामिल है ये तीनों जहानाबाद से आये थे सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है उन्होंने बताया कि जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या एक सौ छत्तीस पहंच गयी है

कारोना विशेषज्ञ डाक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जिले में कुल संक्रमितों की संख्या तेरह हो गयी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रिम्स स्थित कोविड अस्पताल में अव्यवस्था की जांच का निर्देश दिया है इस मामले में उन्होंने रांची के उपायुक्त छवि रंजन से जांच के बाद ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने को कहा है साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से व्यवस्था में सुधार का आग्रह किया है कोविड आइसीयू आइसोलेशन वार्ड में मरीज का बेड टूटा होने और उसके फर्श पर लेटने की तस्वीर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीटर एकांउट से यह निर्देश दिया है इधर मुख्यमंत्री आवास में आज आइएमए झारखंड एएचपीआई और झासा के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इस दौरान कोविड तथा ननकोविड मरीर्जो के अलग अलग अस्पतालों में ईलाज सुनिश्चित कराने पर चर्चा हुई निरीक्षण पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने शहरी क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न कंटेनमेंट जोन का आज औचक निरीक्षण किया इस क्रम में वे सबसे पहले माली मोहल्ला पहुंचे उन्होंने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना

जनता दरबार धनबाद के नये उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने लोगों की शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है इसके तहत हर मंगलवार और शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में दोपहर बारह बजे से दो बजे तक दो घंटे के लिए जनता दरबार लगाया जायेगा उन्होंने यह जानकारी धनबाद उपायुक्त के आधिकारिक टवीट्र एकांउट पर दी हैं

लोगों की सुविधा को लेकर चास के अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक क्मार पाठक ने आज वरीय चिकित्सकों के साथ बैठक की इस दौरान स्वाब सैंपल इकट्ठा करने के तौर तरीके और अब तक तैयार किए गए डेटाबेस की समीक्षा की गयी बैठक के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कल से जांच से संबंधित हर कार्य व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि स्वांब सैंपल देने के लिए किसी को कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सभी को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा

यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ राजिंदर के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे

मौसम विभाग ने आज से तेईस जुलाई तक बारिश के साथ वजपात की संभावना जताई हैं इसे लेकर विभाग ने उन्नीस बाईस और तेईस जुलाई को येलो एलर्ट जबकि बीस और इक्कीस जुलाई के लिए ऑरेंज एलर्ट जारी किया है राज्य में एक जून से सत्रह जुलाई तक लगभग तीन सौ तैंतालीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है

श्री जावड़ेकर ने इसे बड़ी सकारात्मक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो हजार पांच छह और दो हजार पंद्रह सोलह के बीच दुनिया में गरीबी में सबसे अधिक कमी भारत में ही आयी है

झारखण्ड बिहार जोन के अडसठ केंद्रों में गुमला को पहला स्थान मिला है पुरे देश में संचालित सात सौ सोलह कृषि विज्ञान केंद्रों को ग्यारह जोन में बांटा गया है बेहतर कार्य के लिए प्रत्येक जोन से एक एक जबकि दो जोन से दो दो संस्थान का चयन किया गया है

आईटीआर आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने में सहायता करने के उददेश्य से नया फार्म छब्बीस एएस शुरू किया है नये फार्म में करदाताओं को वित्तीय लेनदेन की अतिरिक्त विवरणी भरनी होगी अतिरिक्त विवरण से स्वैच्छिक अनुपालन कर जवाबदेही और रिटर्न की ई फायलिंग में सुविधा होगी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि नये फार्म छब्बीस एएस से आयकर रिटर्न में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही नजर आने की उम्मीद है मौत भारत चीन सीमा पर लद्दाख में सड़क निर्माण में लगे साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के एक मजदूर शिव ठाकुर सोरेन की मौत लैंडमाइंस विस्फोट के दौरान हो गई है

अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के शव को हेलिकॉप्टर से आज पटना भेजा गया जिसे एंबुलेंस से साहेबगंज लाया जा रहा है संक्षिप्त खबरें गुमला जिले में पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर व्यवसायी से पांच लाख रुपए लेवी मांगने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने आज बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इस युवर्क को गिरफतार किया गया

पुलिस ने उनके पास से एक हजार दो सौ पैंतालीस बोतल कफ सिरफ एक हजार नौ सौ इंजेक्शन एक देसी पिस्टल पांच कारतूस दो मोटरसाइकिल एक कार और अंठानबे हजार रूपये नगद जब्त किए हैं